इसके अलावा प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे जीएसटी किश्त वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को छह हजार करोड़ रुपए की नौवीं साप्ताहिक किश्त जारी कर दी है

निधन पूर्व मुख्यमंत्री शांता कृमार की धर्मपत्नी संतोष शैलज़ा का आज सुबह टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया शांता कुमार और संतोष शैलज़ा सहित परिवार व स्टाफ के सभी सदस्य कुछ दिन पूर्व कोरोना से संक्रमित पाए गए थे

आज सुबह चार बजे उन्होंने अंतिम सांस ली

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संतोष शैलजा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की

इसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे

किसान केन्द्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध समाप्त किया जा सके सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए यह छठे दौर की बातचीत होगी सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे चालीस किसान संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में हुई बर्फबारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानों में ठंड भारी

दैनिक जागरण के मुताबिक बर्फबारी से पहाड़ों का श्रृंगार खेतों में खुशहाली की बारिश हिमाचल दस्तक के अनुसार प्रदेश में भारी बर्फबारी से एचआरटीसी के कई रूट प्रभावित बसें फंसी आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ा जबकि अजीत समाचार का कहना है पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानों में ठिठुरन अमर उजाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है चुनाव नजदीक आर रहे हैं यह देख नहीं बनेगा अगला बजट

तीन साल में कितनी घोषणाओं पर काम किया कितनी अधूरी विधायक व मंत्रियों को देनी होगी रिपोर्ट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश भाजपा प्रभारी बनने के बाद पहली बार शिमला पहुंचे अविनाश राय खन्ना दिखे एक्शन मोड में